अभियान से वैक्सीन वितरण के लिए क्शल योजना और प्रबंधन होगा सुनिश्चित केंद्र सरकार ने राज्यों से बर्ड फ्लू संकमण का प्रसार रोकने के लिए जारी किये निर्देश जमशेदपुर में कौओं की मौत की होगी जांच

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने राज्य में मेडिकल की बची सीटों में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट जारी की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

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन सुनिश्चित होगा

हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने दो कोविड टीकों को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति दी है

उपयोगकर्ताओं के तकनीकी प्रश्नों के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाला एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है

झारखंड में कोरोना से संकमित नये मरीजों का मिलना जारी है

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बर्ड फ्लू के प्रसार पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किया है इसके साथ ही राज्यों को एहतियात बरतने को कहा गया है देश के चार राज्यों में बर्ड फलू के संकमण की पृष्टि हई है किसी भी राज्य में इस संकमण की पृष्टि होने पर केंद्र ने तुरंत इसकी सुचना देने का भी निर्देश दिया है इधर राज्य के कृषि मंत्री बादल ने पशुपालन निदेशक को जमशेदपुर में कौओं की मौत की जांच का निर्देश दिया है

उन्होंने कहा कि जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि चार कौओं की मृत्यु हुई है इसे रांची स्थित एलआरएस लैब में लाया जा रहा है जांच के बाद ही पता चल पायेगा कि बर्ड फ्लू से मौत हुई है या नहीं हालांकि एहतियात के तौर पर राज्य स्तर पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं उन्होंने बताया कि झारखंड के सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं झारखंड प्रदेश मुखिया संघ ने राज्य सरकार से प्रशासकीय समिति का गठन कर मुखिया को पंचायती राज की शक्तियां देने की मांग की है इस संबंध में संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल द्रोपदी मुर्म से मुलाकात की और पंचायत विघटन के बाद आम जनता को हो रही परेशानी से अवगत कराया प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा और कहा कि पंचायत विघटन के बाद गांव की सरकार की शक्तियां जब्त होते ही बिचौलिया संस्कृति हावी हो जायेगी मुखिया संघ ने राज्यपाल को कोविड महामारी काल में गांव की सरकार की उपलब्धियों की भी जानकारी दी संघ ने कहा कि आज स्वच्छ भारत अभियान में झारखंड पहले पायदान में है जिसमें गांव की सरकार का योगदान रहा इस दौरान राज्यपाल ने मुखिया के हित में उचित कदम उठाने के लिए पहल करने का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में चूक और काफिले पर हमला मामले में डीजीपी एमवी राव ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी सुनील तिवारी और कोतवाली थाना प्रभारी बुज कुमार को निलंबित कर दिया है मामले की गंभीरता को देखते हए डीजीपी ने कल रांची एसएसपी कार्योलय में सभी थानेदारों के साथ बैठक की एसएसपी सहित थानेदारों को राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत करने का निर्देश दिया डीजीपी ने कहा कि इस मामले की जांच को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनायी गयी है जांच में जो भी दोषी पाये जायेंगे उन सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी राज्य सरकार ने कल दो प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी प्रदान की सरकार ने बिजली खरीद मामले में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ किये गये त्रिपक्षीय समझौते से अलग होने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की कल हई बैठक में यह फैसला लिया गया उर्जा सचिव अविनाश कमार ने बताया कि समझौते के अनुसार केंद्र सरकार को यह शक्ति थी कि बिजली खरीद के बाद उसकी राशि का भुगतान समय पर नहीं हआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र की विभिन्न योजनाओं की राशि से झारखंड को मिलने वाले अनुदान को काटकर उर्जा मंत्रालय को बिजली बकाया राशि का भुगतान करेगा मालूम हो कि डीवीसी और केंद्रीय पूल से झारखंड अपनी जरुरत के अनुसार बिजली की खरीद करता है बीते कुछ माह पहले डीवीसी ने झारखंड से बकाया मांगा था जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण भुगतान के लिए समय मांगा था

अब नयी नियमावली के हिसाब से हर साल परीक्षा होगी

इस नियमावली में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को च्वाइस ऑफ सर्विस का भी विकल्प दिया गया है

भाषा पेपर का अंक केवल क्वालिफाइंग होगा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद जेसीईसीई बोर्ड ने राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में बची सीटों में दाखिले के लिए कल मेरिट लिस्ट जारी की

इसके बाद शेष मेडिकल सीटों पर विद्यार्थियों के यूजी नीट ऑल इंडिया रैंक स्टेट बैंक और कैटेगरी रैंक के आधार पर मेडिकल सीटों का आवंटन किया जाएगा

अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद विद्यार्थियों को कालेज कैंपस पहुंचकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा ओएसडी ने विद्यार्थियों से कहा है कि वह निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए कॉलेज की सीटें लॉक करें और दाखिला लें सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बाघमारा से भाजपा विधायक दलू महर्तो को मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अजय रस्तोगी की अदालत ने कहा कि इस मामले में जमानत रद्द करने का कोई कारण नहीं दिख रहा है ऐसे में प्रार्थी की याचिका खारिज की जाती है मालूम हो कि धनबाद जिले के कतरास की एक महिला नेत्री ने हाई कोर्ट से ढुलू महतो को मिली जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ग्रीस में नियुक्त भारत के राजदूत अमृत लुगून ने बुधवार को झारखंड विधानसभा का भ्रमण किया इस दौरान श्री लुगुन ने विधानसभा के गुंबद की वास्तुकला की सराहना की इस दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से ग्रीस की पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी के लिए उन्हें कुछ पुस्तके भी दी गयीं इसमें विशिष्ट रूप से झारखंड विधानसभा का उद्भव एवं विकास और झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है भ्रमण कार्यक्रम के क्रम में उन्होंने ग्रीस की समसामयिक बातें एवं वहां की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया खूंटी जिले के सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली जल्द लागू होगा इस संबंध मे कल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इसके अलावा देशभर में कल होने वाला टीकाकरण का दूसरा पूर्वाभ्यास की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पेज पर जगह दी है प्रभात खबर ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने के राज्यपाल से आग्रह करने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा में लिखी मोदी ने मेहनत से हासिल किया प्रधानमंत्री पद संबंधी लेख को दैनिक जागरण ने बॉटम खबर के रूप में प्रकाशित किया है दैनिक भाष्कर ने राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा जमशेदपुर में मिले मरे कौए की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने भारत और जापान के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता संबंधी खबर को पहले पेज पर जगह दी है अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने सरकार और किसानों के बीच वार्ता में अबतक कोई सुधार नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट की टिपण्णी को पहली सुर्खी बनाया है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में चूक होने और लापरवाही बरतने वहीं के मामले में दो पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किये जाने की खंबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है